इस सर्किल में चार मतदान केंद्र है और जनसंख्या तीन हजार के करीब है पूरे भारत में मतदान कर्मियों की यह पहली संचलन है पूरे प्रदेश में पांच सौ अटठारह मतदान केंद्र है जहां पैदल ही पहुंचा जा सकता है चौदह मतदान केंद्र दुर्गम स्थानों में है जहां मतदान कर्मियों को हेलिकॉप्टर सॉरती से पहुंचाया जाता है प्रदेश में ग्यारह अप्रैल को लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाएगा सिनियर भाजपा नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रुप से लड़ा जाना चाहिए ताकि शक्तिशाली और पादर्शी सरकार बने और जो नागरिको के प्रति जवाब देह हो दोईमुख में कल चुनावी रैली में मिडीया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में रुपए और ताकत का उपयोग पूरी तरह समाप्त कर देना चाहिए पासीघाट में वीआईपी गाड़ियों से भरी नकदी जब्त किए जाने के विषय पर पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पैसे का लालच देकर मतदाताओं को कभी नहीं लुभाया श्री रिजिजू ने कहा कि भारी नकदी जब्त किए जाने को लेकर अभी जांच चल रही है चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त फ्लाईंग स्क्वाड ने पासीघाट से मंगलवार की रात को अबतक के सबसे अधिक एक सौ अस्सी करोड़ रुपए की नकद जब्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पासीघाट में चुनावीं रैली के कुछ घंटे पहले यह मामला सामने आया संयोग से पासीघाट अरुणाचल ईस्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आता है जहां से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तापिर गाव चुनाव में उतरे है प्रदेश अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांगकी दारांग ने बताया कि जब्त किए गए एक सौ अस्सी करोड़ रुपए को आयकर विभाग को सौंप दिया गया है

प्राप्त सूचना के अनुसार स्कोरपियों मेबो निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार दांगी पार्मे के बेटे क्रिस्टोफर पार्मे का बताया जा रहा है जिसमें से एक करोड़ रुपए बरामद किए गए और फोर्चुनर ट्रांसपोर्ट डेप्यूटी सेक्रेटेरी के नाम पंजीकृत है और उस गाड़ी से बरामद अस्सी लाख रुपए भूतपूर्व विधायक रालोम बोरांग का बताया जा रहा है केंद्रीय राज्य गृह मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि हाल के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र पीआरसी को लेकर हुए उपद्रव विपक्षी दल कांग्रेस की करतूत थी इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी उन्होंने कहा कि पिछले साल लेकांग में हुए कांग्रेस रैली में अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति अध्यक्ष ताकाम संजोय सहित जारजूम एते और बिदा ताकू ने नामसाई जिले के लेकांग निर्वाचन क्षेत्र के गैर अरुणाचलियों को पीआरसी देने का पहले पहल वायदा किया था उन्होंने कहा कि इस डर से कि सारा वोट कहीं कांग्रेस को न चला जाए प्रदेश भाजपा ने आनन फानन में नये साल के तोहफे के तौर पर पीआरसी देने की घोषणा कर दी जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी वे कल दोईमुख में भाजपा रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर खेले गए राजनीति में तीन निर्दोष लोगों की जान चली गई पापुम पारे जिले के आम चुनाव जनरल ऑब्जबर मनोज कुमार डेका ने कल ईटानगर दोईमुख और सागाली निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ एक बैठक कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आचार संहिता को बनाए रखने और चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करने को कहा उन्होंने उम्मीदवारों से अपने पोलिंग एजेंटो को ईवीएम वीवीपैट मोक पोल और चुनाव से जूड़े अन्य प्रक्रिया से अच्छी तरह अवगत कराने को कहा ताकि मतदान के दिन कोई शंका कि गुजाईश न हो श्री डेका ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता को लेकर सख्ती बढ़तेंगे और इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी आयकर विभागीय अधिकारी ने बताया की लोकसभा चूनाव से पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र के बैंको में रुपए की संदिग्ध जमा और निकासी की जा रही है ग्रवाहाटी में कल एक प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए आयकर के मुख्य निर्देशक संजय बाहादुर ने बताया कि पूर्वोत्तर में एक सौ बारह जिलों और बारह हवाई अड्डो पर निगरानी के लिए एक सौ पचास अधिकारी तैनात किए गए है उन्होंने कहा कि संदिग्ध नगद को छुपाने और इधर उधर करने के लिए सुरक्षित स्थान की तरह बैंको का उपयोग किया जा रहा है श्री संजय बाहादूर ने कहा कि पांच मुख्य बैंको के दस दिन के डेटा को जांचने के बाद यह मामला सामना आया है इस तरह का मामला गहरी चिंता की बात है उन्होंने बताया कि आनेवाले दिनों में पूरे पूर्वोत्तर के एक सौ बैंको के डाटा का मुआयना किया जाएगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल नगालैंड के दीमाप्र में एक रैली में कहा है कि अगर उनकी पार्टी केंद्र में सत्ता में आयी तो वह दशकों पुरानी नागा राजनीतिक समस्या के समाधान के प्रयास करेगी इससे पहले कालियाबोर में एक रैली में श्री गांधी ने कहा कि कांग्रेस नागरिकता संशोधन विधेयक का कभी समर्थन नहीं करेगी क्योंकि यह असम के लोगों के हितों के खिलाफ है उन्होंने देश के बीस प्रतिशत गरीब परिवारों को सालाना बहत्तर हजार रुपये देने के अपनी पार्टी के वायदे को दुहराया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 आज का अधिकतम तापमान तेईस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया